राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष डॉ वल्लभ कथीरिया ने कहा कि एलोपैथिक दवा के परीक्षण के लिए निर्धारित नियमों का पालन करते हुए इस आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल परीक्षण शीघ्र शुरू होगा इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

श्री राघवन ने बताया कि इनमें से लगभग बीस समूहों को बेहतर सफलता मिल रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रवासी मजदूरों को बसों और ट्रेनों से उनके गंतव्य तक निःशुल्क पहुंचाने और इस दौरान उनके लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों द्वारा व्यवस्था करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है

इधर मुख्यमंत्री ने कल एक बैठक कर दूसरे राज्यों से राजस्थान लौटे श्रमिकों की श्रम शक्ति का उपयोग करने और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए है

प्रदेश में पश्चिमी विक्षोम के सकिय होने से कई स्थानों पर तेज आंधी और बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है इससे लोगों को तेज गर्मी और लू से राहत मिली है धौलपुर भरतपुर हनुमानगढ और करौली में कल शाम तेज अंधड के बाद बारिश हुई श्रीगंगानगर जिले में सुबह से ही धूलभरी हवाएं चलने के साथ ही बादलों की आवाजाही बनी हुई है जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है